नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि चारधाम परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इसे निर्धारित समय में पूरा किए जाने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं आज चारधाम परियोजना के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मौजूद थे बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राज्य और केन्द्र स्तर पर भूमि अधिग्रहण वन पर्यावरण की क्लीयरेंस के लम्बित प्रकरणो को जल्द निपटाने के निर्देश दिये बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग का कार्य तेजी से किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि भराड़ीसैंण को उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है उन्होंने गैरसैंण को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित कर ट्र लेन करने का अन्रोध किया केन्द्रीय मंत्री ने इस पर सैद्धान्तिक सहमति देते हए इसकी डीपीआर मंत्रालय को उपलब्ध करवाने को कहा बैठक में पर्यावरण वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय द्वारा चारधाम परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रकार की क्लीयरेंस का निस्तारण तेजी के साथ किया जा रहा है लॉकडाउन उत्तराखंड कोरोना वायरस संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते हए सरकार ने कल और परसो राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है

उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार और रविवार पूर्णबन्दी का निर्णय लिया गया है इसकी विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने के लिये अधिकारियों से कह दिया गया है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन फिलहाल इसी सप्ताह लागू होगा

सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय नेकहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहितकिया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अन्शासित शारीरिकदृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीयकेडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हएगृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र प्लिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदोंपर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे च्का है समीक्षा बैठक महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक ली उन्होंने सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सिंचाई सहित सभी विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये बैठक में उन्होंने बिना जानकारी के पहंचे अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई बैठक के बाद प्रेस वार्ता में रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में महिला अपराधों पर अंक्श लगा है महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी पश्पालन को रोजगार के रूप में अपना सकते हैं इसमें सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है

यहां पर भैड़ों की उच्चकोटी की नस्ल विकसित कर इस व्यवसाय से जुड़े पश्पालकों को दिया जाएगा

भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण की यह सबसे बड़ी संख्या है

प्रशासन इसको रोकने के लिए आवश्यक तैयारियों के साथ लॉकडाउन का सहारा ले रहा है स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह कोरोना की टेस्टिंग कर रही है

काशीपुर बाजपुर रूद्रपुर और खटीमा में टेस्टिंग जारी है उन्होंने बताया कि बॉर्डर एरिया पर भी टेस्टिंग की जा रही है

विधायक गहतोड़ी ने कोरोना महामारी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की म्ख्य चिकित्साधिकारी डॉ आर के जोशी ने बताया कि डॉक्टरों के पद रिक्त होने से कई मामले अन्य जगह रेफर करने पड़ते थे अब डॉक्टरों की तैनाती के बाद से हालात में सुधार है जिला अस्पताल में सामान्य प्रसव के साथ अन्य ऑपरेशन भी हो रहे हैं

बारिश से कई जिलों में सड़कें बाधित हैं चमोली जिले में ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेरपानी के पास बंद है पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है इससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है

ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए सम्दायिक भवनों और स्कूलों में शरण दी जाएगी जिलाधिकारी ने बताया कि जल स्तर बढ़ने पर सायरन से ग्रामीणों को सचेत किया जाएगा शहरों में बारिश से होने वाले जलभराव के लिए पंप लगाए गए हैं ताकि पानी की निकासी की जा सके ग्रोथ सेंटर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उदयोग विभाग के तहत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा की और आउटप्ट का आंकलन करने के निर्देश दिए उन्होंने ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित करने और ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान देने के निर्देश दिये इनकी ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटर में तैयार किए जा रहे उत्पाद इतनी मात्रा में बनाए जाएं कि खरीददार वहां आकर इन उत्पादों को खरीदें